टीकाकरण केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रो में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है

राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है

सीमेंट प्लाण्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव दिया है कि सोशल कार्पोरेट रिस्पांसेबिलिटी के तहत सरकार और कंपनियां मिलकर गाँव में आईटीआई खोले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल दमोह जिले के कैमोर के ग्राम अमेहटा में एसीसी लिमिटेड की नवीन इकाई का भूमि पूजन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार तेज गति से विकास कर रही है इससे उद्योगों से रोजगार मिलेगा

उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपना कौशल विकास करें सरकार उद्योगों के लिये स्किल्ड मेन पॉवर उपलब्ध करायेगी इस क्षेत्र में माइनिंग की विशेष संभावनाएँ हैं यहाँ माइनिंग एवं प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बढाये जा सकते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निजी कंपनी का सीमेण्ट प्लांट इस क्षेत्र की आर्थिक दशा बदल देगा यह पर्यावरण फ्रेंडली है तथा इसमें अंडरग्राउंड वॉटर का प्रयोग नहीं होगा

अवसर पर उन्होंने कहा कि कैमोर विजयराघवगढ़ तथा बरही बाईपास निर्माण की व्यवस्था की जायेगी

सहभागिता संवाद महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं किशोरी बालिकाओं तथा जन सामान्य के लिये सहभागिता संवाद का लाइव प्रसारण शुरू किया जा रहा है

कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं सहित स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा आदि विषयों पर संदेश की जानकारी विभागीय अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों द्वारा दी जायेगी कार्यक्रम के दौरान कोई भी प्रतिभागी चेटबॉक्स में जाकर अपने प्रश्न पूछ सकता है प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार और चौथे मंगलवार को बालिकाओं से संबंधित विषय पर चर्चा दूसरे और चौथे गुरुवार को महिला सशक्तिकरण प्रथम और चौथे शनिवार को बाल संरक्षण तथा प्रथम एवं चौथे बुधवार को एकीकृत बाल विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी गिद्ध गणना प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना का अंतिम चरण आज से शुरू होगा

गणना के बाद डाटा संकलन का कार्य वन विहार राष्ट्रीय उदयान भोपाल में होगा

गिद्ध गणना का कार्य दो चरणों में किया जाता है पहला चरण अक्टबर नवम्बर माह में और द्वितीय चरण जनवरी फरवरी माह में आयोजित किया जाता है

एक कार्यक्रम में डॉक्टार जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत दुनिया को यह दिखाने में सफल रहा है कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है डॉक्टर सिंह ने कहा कि बजट ने विश्व समुदाय को स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब एक अग्रिम पंक्ति का देश बनेगा और वैश्विक नेता के रूप में काम करेगा उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग के लिए है और यह आजादी के बाद पहली बार है कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जोर दिया गया है अच्छी खबर कोरोनाकाल में जब तमाम व्यवसाय द्वष्प्रभावित हुए तब प्रदेश की बेटी मीना रहंगडाले का कार्य भी बंद हो गया उन्होंने हिम्मत नहीं हारते हुए महिलाओँ का समूह बनाया और राइस मिल शुरू की मीना की ये कोशिश रंग लाई और आज महिलाओं के स्वसहायता समूह द्वारा चलाई जा रही ये राइंसमिल मूनाफा अर्जित कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में मीना रहंगडाले की इस कोशिश की तारीफ की